इसके लिये निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी सभी ईवीएम और वींवीपैट मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला मुख्यालयों पर स्ट्रॉग रूम में रखा गया है मतगणना के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से सुपरवाईजर मतगणना सहायक और अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है

जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि मतगणना से जुडे कार्मिकों को अपने निर्धारित मतगणना स्थलों पर सुबह छह बजे प्रवेश करना होगा किसी को भी बिना निर्धारित प्रवेश पत्र और सुरक्षा जांच के मतगणना स्थलों पर प्रवेश नहीं मिलेगा इसी तरह अन्य जिलों में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना सुबह आठ बजे शुरु होगी मतगणना शुरु होने के बाद करीब दस बजे तक रुझान मिलने शुरु हो जायेंगे और दोपहर तथा इसके बाद परिणाम मिलने लग जायेंगे

अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह के निधन के कारण चुनाव नहीं कराया जा सका

मिड डे न्यूज दोपहर बाद दो बजे से ढाई बजे तक और दोपहर समाचार ढाई बजे से तीन बजे तक प्रसारित होगा इसके अतिरिक्त कल मतगणना वाले दिन आकाशवाणी से सुबह साढे आठ बजे से दोपहर बाद दो बजे तक चूनावों की ताजा जानकारी के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे

मतगणना को लेकर कल आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र से भी हिन्दी और राजस्थानी में विशेष चुनाव समाचार बुलेटिन प्रसारित किये जायेंगे

गौरतलब है कि पिछली सात तारीख को मतदान शुरू होने से पहले किये गये मॉक पोल को नहीं हटाया गया था इस कारण चुनाव आयोग ने इस ेकेन्द्र पर मतदान शून्य घोषित कर पुनर्मतदान कराने के निर्देश दिये थे

जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी है

इस बीच केन्द्र सरकार ने दोनों सदनों में कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है

यह पहली बार है जब भारत ने ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर सीरीज का पहला टेस्ट जीता है